बाढ़ से अब तक पैंतीस लोगों की मौत

और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की सभी तैयारियां पूरी

नेपाल में हुई भारी बारिश और बाल्मिकीनगर बराज से एक लाख चौरानवे हजार आठ सौ क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है कोसी बागमती गंडक ब्रूढ़ी गंडक कमला बलान लखनदेई लालबकैया नदी के जलस्तर में वृद्धि से सीतामढ़ी शिवहर मध्रबनी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है बाढ़ से अब तक पैंतीस लोगों के मारे जाने की खबर है सीतामढ़ी शहर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है शहर के पुनौरा धाम मंदिर चारों ओर से बाढ़ के पानी से धिर गया है इधर दरभंगा के घनश्यामपुर प्रखंड में कमला बलान का पश्चिमी तटबंध ट्रट जाने से दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया उधर मधुबनी में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है बागमती और लालबकैया नदी के जलस्तर में वृद्वि से जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी फैला गया कमला नदी में आयी बाढ़ के कारण जयनगर जनकपुर के बीच नई रेल लाईन लगभग सौ मीटर में बह गयी है इस बीच सीतामढी रक्सौल और कटिहार जोगबनी खंडों पर दो दिन तक रेल यातायात बाधित रहने के बाद रेल सेवाएं बहाल कर दी गई हैं रेल पटरियों पर पानी भर जाने के कारण इन खंडों पर रेल सेवाएं रोक दी गई थीं वहीं बागमती नदी मुजफ्फरपुर के कटौंझा में खतरे के निशान से तीन दशमलव छह सात मीटर ऊपर बह रही है ब्रुढ़ी गंडक का पानी मुजफ्फरपुर शहर के निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है अररिया में राष्ट्रीय राजमार्ग तीन सौ सत्ताईस ई पर बाढ़ का पानी आने के कारण आवागमन ठप है बाढ़ के कारण जिले के सभी स्कूलों को इक्कीस जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ की पचास नावें भेजी गयी है वहीं एनडीआरएफ की उन्नीस टीम बाढ़ प्रभावित विभिन्न जिलों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने को कहा है उन्होंने प्रशासन को बाढ़ग्रस्त इलाकों में पर्याप्त मात्रा में राहत शिविर लगाने और सामुदायिक रसोई चलाने का भी निर्देश दिया राज्य सरकार ने अब तक बारह जिलों की लगभग पांच सौ ग्राम पंचायतों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधान मंडल के दोनों सदनों में प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा करेंगे राज्य में बाढ़ और सरकार की ओर से किये जा रहे राहत और बचाव कार्यों पर मुख्यमंत्री जबाव देंगे उच्चतम न्यायालय ने दिमागी बूखार पर नियंत्रण के लिए तत्काल उपायों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केन्द्र बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है याचिका में पीडित व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिए जाने को भी कहा गया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्वास्थ्य मंत्रालय तथा बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को नोटिस जारी किया याचिका में दिमागी बुखार से ग्रस्त सभी बच्चों के शीघ्र निशुल्क उपचार की भी मांग की गई है याचिका में केन्द्र और राज्य सरकारों को इन्सेफेलाइटिस से ग्रस्त बच्चों के इलाज और रोग का प्रसार रोकने के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश देने को कहा गया है प्रदेश में स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए आठ सौ इकतीस करोड़ चालीस लाख रूपये का प्रावधान किया है विधान परिषद में प्रभारी मंत्री नंदकिशोर यादव की ओर से पेश किये गये वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी पटना की सरकारी प्लॉटों की ई नीलामी चौबीस सितम्बर को होगी राज्य में पहली बार यह व्यवस्था की गयी है ई नीलामी में भाग लेने वालों को बेल्ट्रॉन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा बेल्ट्रॉन से यूनिक यूजर आईडी और पासवार्ड के बाद बैंक ऑफ इंडिया में निर्धारित राशि जमा करानी होगी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने क्षय रोग टीबी की रोकथाम के लिए प्रायौगिक तौर पर एक टीका जारी किया है यह टीका उन लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा जो टीबी के मरीजों के निकट सम्पर्क में रहते हैं और जिनको इस रोग के लगने का निरंतर खतरा बना रहता है तीसरे चरण का यह प्रयोग वयस्कों के लिए पहला टीबी टीका है इससे पहले का बीसीजी वैक्सीन केवल नवजात शिश्राओं के लिए था भारत में दुनिया भर के सबसे ज्यादा टीबी मरीज हैं आईसीएमआर इस पहले टीबी वैक्सीन का प्रयोग कर रहा है इससे दशकों पहले विश्व विख्यात बीसीजी टीके की शुरूआत हुई थी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी है आज उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सुल्तानगंज स्थित सीढ़ी घाट सें मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे मेले और कांवरियों पथ सरकार की ओर से पेयजल शौचालय और कांवरियों के लिए विश्राम गृह के अलावा चिकित्सीय व्यवस्था भी की गयी है कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में वैशाली जिले में तीन पुलिस उपाधीक्षक पचास इंस्पेक्टर और तेरह जमादारों सहित छियासठ पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जिले के आरक्षी अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि इन अधिकारियों के स्थानांतरित होने के बाद भी लंबित मुकादमों का कार्यभार नहीं सौंपा था नवोदय विद्यालय समिति ने शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के दो हजार सात सौ तीस पदों के लिए आवेदन मांगा है इनमें एक हजार एक सौ चौबन प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक स्नाकोत्तर शिक्षक के लिए चार सौ तीस जबकि अन्य शिक्षकों के पांच सौ चौसठ पद शामिल हैं शेष बचे हुए पदों पर शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियुक्त किया जायेगा इन पदों के लिए आवेदन नौ अगस्त तक लिया जायेगा

मान्यता है कि आज ही के दिन ब्रह्म सूत्र महाभारत श्रीमदभागवत गीत और अठारह पुराण जैसे साहित्यों का रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था आज ही के दिन गौतम बुद्ध और जैन तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने प्रथम शिष्य बनाये और गुरू के रूप में अपने कार्य की शुरूआत की थी पटना के बिहार यंग मेंस इंस्टीच्यूट में अठारह से इक्कीस जुलाई तक राज्य रैकिंग टेबुल टेनिस चैम्पियनशिप का आयोजन किया जायेगा बिहार टेबुल टेनिस संघ के सचिव मुकेश राय ने बताया कि इस प्रतियोगिता में सभी जिलों के दो सौ खिलाड़ी भाग लेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार में आयी बाढ़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है बिहार के बारह जिले आये सैलाब की चपेट में सहरसा पूर्णिया और कटिहार में भी फैला बाढ़ का पानी दैनिक जागरण बाढ़ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है प्रभावित क्षेत्रों में दिन रात चलायें राहत कार्य दैनिक भास्कर लिखता है शिवहर मध्रबनी के हालात बिगड़े मुजफ्फरपुर शहर के निचले इलाकों में फैला बाढ़ का पानी प्रभात खबर का शीर्षक है तीन डीएसपी पचास इंस्पेक्टरों समेत छियासठ पर एफआईआर अखबार आज की सुर्खी है एक सौ उनचास साल बाद आज लगेगा दुर्लभ चन्द्रग्रहण

बाढ़ से अब तक पैंतीस लोगों की मौत

और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की सभी तैयारियां पूरी